राजभवन में कल भारतीय सेना और राज्य सरकार के बीच हुए समन्वयन बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सेना से राज्य के लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का सुझाव दिया उन्होंने सेना से सब्जियाँ पश् और बागवानी उत्पादो को सीधे किसानों से खरीदने को कहा

इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रशासनिक मुद्दों एवं सार्वजनिक बातचीत तथा जन कल्याणकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाओं और अड़चनों को दूर करने पर भी विचार विमर्श किया साथ ही बैठक में क्षेत्र के विकास किसान कृषि और संबद्ध सेक्टरों से जूड़े समस्याओं पर भी बातचीत की

इस अवसर पर स्थानीय सांस्कृतिक टोलियों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वच्छता पर छात्रों द्वारा प्रस्तुत स्किट कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कल नामसाई में विवेकनंद केंद्र विद्यालय का उद्घाटन किया गौरतलब है कि यह प्रदेश में चालीसवां विवेकानंद केंद्र विद्यालय है इस अवसर पर श्री मैन ने विवेकानंद केंद्र विद्यालय का अरुणाचल प्रदेश में योगदान को स्वीकार करते हुए कहा कि यह विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए मानव निर्माण और राष्ट्र निर्माण की शिक्षा प्रदान करते है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा सेक्टर को शीर्ष प्राथमिकता दे रहे है और जमीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को सुनिश्चित करने को कहा राज्यपाल ने कहा कि राज्यभर में जरुरत पर आधारित शिक्षकों की वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी दो हजार बीस को कार्यान्वित किया गया है श्री मैन ने पारंपरिक मूल्य स्थानीय बोली और संस्कृति को जीवित रखने के लिए विवेकानंद केंद्र विद्यालय नामसाई में एक खामती शिक्षक की नियुक्ति की घोषणा भी की प्रदेश कामगार संघ ने राज्य के प्रिंसीपल चीफ कनजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को एक ज्ञापन सौंपते हुए विभाग के कैजूएल और कंटिजेंसी कामगारों के लिए सेनिओरिटी के आधार पर पचास प्रतिशत कोटा और डी पी सी प्रणाली को अपनाने का अनुरोध किया संघ ने कहा कि समय पर तनख्वाह न मिलने पर इन कर्मचारियों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है सरकार ने विश्व में कम कार्बन उत्सर्जन की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए दो हजार बीस तक एक सौ पचहत्तर गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान योजना के माध्यम से किसानों को ऊर्जा उत्पादक के रुप में सशक्त बनाया जा रहा है इस योजना को पीएम कुसुम के नाम से भी जाना जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वुहान में फैले जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण के वैश्विक खतरे का स्तर मध्यम से बढ़ाकर उच्च कर दिया है

वहीं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोवेल कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक विशेष हैल्पलाइन सेवा शुरु की है

असम सरकार ने युनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असम के प्रमुख परेश बरुआ से शांति प्रक्रिया के लिए आगे आने को कहा है ग्रआहाटी में संवाददाताओं से बातचीत में राज्य के वित्त मंत्री और पूर्वो त्तर डेमोक्रेटिक एलायंस के संयोजक हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि अगर वे बातचीत करना चाहते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए तैयार है उन्होंने मणिपूर के उग्रवादी गूटों से भी बातचीत की अपील की